पेट्रोल और डीजल में मिलाने के लिए तेल कंपनियों को बेचे जाने वाले एथेनॉल और आयातित यूरिया पर जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत की गई है वित्त मंत्री ने कहा कि इन फैसलों का राजस्व संग्रह पर मामूली असर पड़ेगा लगभग एक सौ वस्तुओं पर इसका प्रभाव होगा

श्री गोयल ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत के तहत प्रीमियम जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है

आम लोगों की जिन्दगी को खुशहाल बनाना और विकास का प्रकाश हर घर तक पहुँचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है श्री चौहान कल भोपाल के समन्वय भवन में मप्र विकास संवाद संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन नदी और पर्वत पर सबका समान अधिकार है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रमुख कार्य विकास की यात्रा को गतिशील बनाये रखना है उन्होंने कहा कि प्रदेश को समृद्ध राज्य बनाने का प्रयास जारी है सबको आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ और विकास के समान अवसर तथा संसाधन उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं रोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि उत्पाद का वैल्यू एडिशन स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है

विशेषकर इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के दौर में यह और भी जरूरी हो गया है डॉ मिश्रा कल भोपाल में मध्यप्रदेश विकास संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वाट्सएप समूहों पर प्रमाणिक सूचनाओं का अभाव होता है कुछ समय पहले भारत बंद के बारे में भी भ्रामक सूचनाएँ वायरल हुई थीं उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में पत्रकारों पर प्रमाणिक समाचार देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है

श्री गडकरी गुना में आयोजित विकास पर्व और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को राशि वितरण के साथ कई कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे

आईएएस के सात अधिकारियों की कल नई पदस्थापना की गई है श्री अजीत केसरी को संसदीय कार्य विभाग के साथ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव का भी दायित्व सौंपा गया है श्री मनु श्रीवास्तव को पशुपालन विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है श्री राजीव चंद्र दुबे को जेल और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव पदस्थ किया गया है श्री अनिल सुचारी को पाठ्य पुस्तक निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है श्रीमती आईरीन सिंथिया जे पी को अवकाश से लौटने पर राज्य शिक्षा केंद्र का संचालक और स्कूल शिक्षा विभाग में उप सचिव पदस्थ किया गया है संजय शुक्ला को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के प्रमुख सचिव और ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है श्रीमन शुक्ला को राज्य भंडार गृह निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है

राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा अर्जित इस उपलब्धि पर प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन खिलाड़ियों को बधाई दी है

सभी मृतक एक ही परिवार के राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन के रहने वाले बताये जा रहे है हादसा के बाद कार ट्रक में ही फस गई जिसे पुलिस ने जेसीबी की सहायता से निकाला सुसनेर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला की जांच में शुरू कर दी है

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में एक बार फिर अच्छी बारिश के आसार बन रहे है अरब सागर में बन रहे सिस्टम से आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है उत्तरी मध्यप्रदेश इलाहाबाद से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही है जिससे आज हल्की बारिश की संभावना है

हमारे ग्वालियर संवाददाता ने बताया है कि नगर में बाढ़ निंयत्रण के लिये चारों ओर बनाये गये बांधों में पानी भरा है दो दिन की बारिश से वीरपुर बांध में जलस्तर बारह फीट हो गया है रतलाम में भी कल बारिश हुई

बड़वानी में इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद रंगोली वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और उनके पालकों को सम्मानित किया जायेगा